विदेश संविव विजय गोखले ने नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विश्वस्त सुत्रों से जानकारी मिली थी कि जैश ए मोहम्मद भारत में और आत्मघाती आतंकी हमलों की कोशिश कर रहा था और इसके लिए आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा था उन्होंने कहा कि इस कारण यह हमला करना जरूरी था श्री गोखले ने बताया कि जैश ए मोहम्मद ने भारत में कई आतंकी हमले किए हैं उन्होंने बताया कि इन प्रशिक्षण शिविरों की स्थिति के बारे में पाकिस्तान को जानकारी दी गई थी लेकिन उसने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की विदेश सचिव ने कहा कि भारत आतंकवाद से निपटने के लिए सभी उपाय करने के लिए दृढ़ संकल्प है श्री गोखले ने कहा कि भारत आशा करता है कि पाकिस्तान अपने यहां जैश ए मोहम्मद द्वारा संचालित और अन्य आतंकी शिविर खत्म करेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है राजस्थान के चुरू में आज एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वे देश का शीश झुकने नहीं देंगे प्रधानमंत्री ने सशस्त्र सेनाओं के पराक्रम को भी सलाम किया आज चुरू की धरती से मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में हैं सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा मैं देश नहीं रूकने दूंगा मैं देश नहीं झुकने दूंगा मेरा वचन हैं मेरा वचन हैं भारत मां को तेरा शीश झुकने नहीं दूंगा विभिन्न राजनीतिक दलों ने पाकिस्तान में आतंकी शिविरों पर भारत के हमले का स्वागत किया है भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि यह कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की परिचायक है पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने ट्वीट में कहा है कि यह कार्रवाई नये भारत की दुढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प को रेखांकित करती है केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने अहमदाबाद में कहा कि देश की सुरक्षा के लिए इस तरह की कार्रवाई की बहुत जरूरत थी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने वायुसेना के पायलटों की सराहना की है उन्होंने ट्वीट कर कहा कि पार्टी वायुसेना की भूमिका के लिए उसे सलाम करती है प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए कहा है कि आतंकवादियों को ठिकाने को नष्ट करना दुढ़ इच्छाशक्ति का परिणाम है प्रदेशभर में आतंकी शिवरो को नष्ट किए जाने से जश्न जैसा माहौल है लोग एक दूसरे को बधाईयां दे रहे हैं उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद को आपसी सहमति से निपटाने का एक और प्रयास किया जाना चाहिए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अव्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ ने कहा कि वह इस मामले को न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थ के जरिये निपटाने के बारे में आदेश अगले महीने की पांच तारीख को सुनायेगी पीठ ने कहा कि इस विवाद को आपसी सहमति से निपटाने की हरसंभव कोशिश की जानी चाहिए न्यायालय ने कहा कि वह मुख्य मामले की सुनवाई आठ सप्ताह बाद करेगी वर्ष दो हजार दस में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में चौदह याचिकाए दायर की गई हैं उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि अयोध्या में विवादित पौने तीन एकड़ भूमि को सुन्नी वक्फ बोर्ड निरमोही अखाड़ा और राम लला के बीच बराबर बराबर बांट दिया जाये सूचना और प्रसारण मंत्री कर्नल राज्यवर्द्धन राठौड़ ने कहा है कि देश के युवाओं को बेहतर भविष्य की दिशा में प्रोत्साहित करने की जरूरत है नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद समारोह दो हजार उन्नीस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को अनुशासित और एकजुट होना चाहिए श्री राठौड़ ने कहा कि युवाओं को अपनी ताकत को पहचानना चाहिए और देश के विकास के लिए काम करना चाहिए

आप देखिए कितनी जल्दी ये भारत बदल सकता है हरदोई जिले के ग्राम गौरा टांडा में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केन्द्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने एक राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया इस अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आशुतोष टण्डन भी उपस्थित थे इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे चालिस सशस्त्र जवान मारे गये थे जिसके एवज में हमने आज पाकिस्तान के चार सौ उग्रवादी मार गिराए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने भारतीय सेना को बधाई देते हुए कहा कि पाकिस्तान पर आज हमला यह बताता है कि भारत तैयार हो गया है किसी ने बुरी नजर से देखा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा उन्होंने बताया कि आज हरदोई में दो सौ छ करोड़ की लागत से बनने वाले तीन सौ अड़तालिस विस्तरों के मेडिकल कॉलेज में बाईस सुपर स्पेशयलटी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लोगों को प्राप्त होगा